प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है लेकिन योग में इस बीमारी से उत्पन्न चुनौतियों के बहुआयामी समाधान हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है तथा मानॅसिक और शार्रोरिक सक्षमता बढ़ती है प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले कुछ वर्षों में खासकर युवाओं में योग की लोकप्रियता बढ़ी है बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार चम्बा जिला की प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने के लिए प्रयासरत है और जिले में हैंडीक्राफ्ट व हैंडलूम क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाएगा वे आज चम्बा में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जिले में सड़कों पुलों पेयजल योजना सहित अन्य विकास कार्य तीव्र गति से किए जाएंगे उन्होंने कहा कि अब हालात सामान्य होते की सरकार चम्बा में बड़ा उद्योग स्थापित करेगी ताकि बेरोजगार यूवाओं को रोजगार मिल सके शुलिनी मेला सोलन जिले का राज्यस्तरीय शूलिनी मेला इस बार कोरोना महामारी के दृष्टिगत सूक्ष्म रूप से आरम्भ हुआ दो बहनों के मिलन का प्रतीक तीन दिवसीय ये मेला देवीय परम्परा के अनुसार मनाया जाएगा इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने प्रदेशवासियों विशेष तौर पर सोलन जिला के लोगों को राज्यस्तरीय शूलिनी मेले की बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए माँ शूलिनी की आरती और ऑनलाईन दर्शन की समुचित व्यवस्था की है मुख्यमंत्री ने लोगों से ऑनलाईन माध्यम से माता शूलिनी के दर्शन करने का आग्रह किया है

कुलपति प्रोफैसर सिकन्दर कुमार ने आज इन सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस के मौके पर आज शिमला में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित अन्यें पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओ ने रक्तदान किया इस अवसर पर कुलदीप राठौर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी कोरोना महामारी के इस संकट काल में समाज सेवा के दायित्व का पालन करते हुए गरीबों व जरूरतमंदों की हर सम्भव सहायता कर रही है उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस पिछले करीब एक महीने से गरीबों को प्रतिदिन निशुल्क भोजन भी उपलब्ध करवा रही है

उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा ये उपकरण अस्पतालों को निशुल्क दिए जाएंगे

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी का सहयोग बहत जरूरी है वीरमद्र सिंह ने देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिन्ता जाहिर की है उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह कठिन दौर जल्द ही गुजर जाएगा और देश व प्रदेश में स्थिति सामान्य होगी अपील एसपी कुल्लू जिला पुलिस ने लोगों से जिले के पर्यटन स्थलों में न जाने की अपील की है

उन्होंने कहा कि काफी संख्या में लोग पर्यटन स्थलों की ओर जा रहे हैं और सामाजिक नियमों की अनुपालना नहीं कर रहे हैं गौरव सिंह ने स्पष्ट किया कि अभी तक सरकार द्वारा पर्यटन गतिविधियों और धार्मिक स्थलों को खोलने की ईजाजत नहीं दी गई है

उन्होंने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील भी की है